इस अवसर पर सुरंग के दक्षिणी छोर पर एक जनसभा को संबोधित करते हए प्रधानमंत्री ने इस सुरंग के निर्माण के लिए सीमा सडक संगठन के कठिन परिश्रम की सराहना की उन्होंने कहा कि इस सुरंग से लाहौल स्पीति सहित लेह और लददाख में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे उन्होंने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज न केवल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बल्कि हिमाचल प्रदेश के लाखों लोगों का स्वप्न भी साकार हुआ है प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लाहौल घाटी के दक्षिणी छोर से मनाली के लिए बस सेवा को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया इस मौके पर अटल टनल रोहतांग पर आधारित लघू फिल्म भी प्रदर्शित की गई प्रधानमंत्री ने सुरंग के निर्माण को प्रदर्शित करने वाली चित्र प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया इस बीच जनसभा में केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सुरंग सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर संपर्क भी सुनिश्चित होगा ये सुरंग सशस्त्र सेनाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ जोडे रखने में सामरिक लाभ प्रदान करेगी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने कहा कि अटल टनल के लोकार्पण से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का संपना साकार हआ है उन्होंने कहा कि सुरंग के आरम्भ होने से लाहौल घाटी में पर्यटन कृषि और बागवानी गतिविधियों को एक नई दिशा भिलेगी क्योंकि अभी तक यहां पर्यटन का मौसम कृछ महीनों तक ही चलता था मुख्यमंत्री ने इस बड़ी परियोजना को जल्द पूरा करने में गहरी रूचि दिखाने के लिए प्रधानमंत्री का आमार जताया सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने प्रधानमंत्री समेत अन्य गणमान्य लोगों का स्वागत किया केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह शिक्षा मंत्री गाविंद ठाक्र विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री और सांसद राम स्वरूप शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे इस्पात भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल ने रोहतांग में नवनिर्मित अटल सुरंग के लिए इस्पात के अधिकांश भाग की आपूर्ति की है

इस्पात मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की सराहना की है उन्होंने कहा कि इस सुरंग से स्थानीय लोगों को फायदा होगा साथ ही रणनीतिक आवाजाही के लिए भी यह उपयोगी होगी उन्होंने कहा कि इससे स्पीति घाटी में सम्पर्क भी बढ़ेगा नड़डा प्रतिक्रिया भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आमार जताया है

नड़डा ने कहा कि इस सुरंग को शुभारम्म से प्रदेश में विकास के एक नए अध्याय की शुरूआत हुई है उन्होंने कहा कि अटल सुरंग भारत के बॉर्डर इन्फ्रास्टक्चर को भी नई ताकत देगी राठौर इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कूलदीप सिंह राठौर ने भी सुरंग के लोकार्पण पर प्रदेशवासियों विशेषकर लाहौल स्पीति के लोगों को बधाई दी हैं उन्होंने कहा कि इस परियोजना के निर्माण में कांग्रेस का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है